लोकसभा में केन्द्र सरकार ने राफेल मुद्दे पर कांग्रेस के आरोपो को किया खारिज सदन में आज फिर होगी चर्चा राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन राशि में की बढ़ोतरी

विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया जाएगा उन्होंने कहा कि प्राधिकरण के गठन से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को कुशल कारगर और पारदर्शी तरीके से लागू करने में मदद मिलेगी

इससे तीनों बैंकों के बुनियादी ढांचे विभिन्न गतिविधियों और सेवाओं में तालमेल से बेहतर सुविधाए मिलेगी विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह विलय योजना इस साल पहली अप्रैल से लागू हो जाएगी

सदन में इस पर कल तीखी बहस हुई इस दौरान केन्द्र सरकार ने राफेल लडाकू विमान सौदे को लेकर कांग्रेस की ओर से लगाये गये सभी आरोपो को खारिज कर दिया चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए वित्तमंत्री अरुण जेटली ने राहुल गांधी के आरोपों को मनगढंत बताते हुए कहा कि यूपीए सरकार के दौरान हुए सौदे की तुलना में मुल लड़ाकू विमान की कीमत नौ प्रतिशत और हथियारों से सुसज्जित लड़ाकू विमान की कीमत बीस प्रतिशत कम है उन्होंने कहा कि सौदा तय करते समय सभी आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा किया गया और उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में इसे सही माना है श्री जेटली ने सौदे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के गठन की मांग ठकरा दी इससे पहले राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने खरीद प्रक्रिया मूल्य निर्धारण और राफल सौदे में संरक्षण के बुनियादी प्रर्श्नो को उठाया है

कल जयपुर में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा के निर्देश पर मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच और दवा योजना की समीक्षा कर विशेषज्ञो से सुझाव लिये गये है

उन्होंने वर्तमान स्थिति की जानकारी ली

सरकार ने इस संबंध में कल आदेश जारी कर दिए हैं

उल्लेखनीय है कि राज्य मंत्रिमण्डल ने अपनी पहली ही बैठक में वृद्धावस्था पेंशन में बढोतरी का यह निर्णय किया था

आईएएस पवन क्मार गोयल को आय्क्त कृषि उत्पादन और अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि और उद्यानिकी विभाग की जिम्मेदारीसौंपी गयी है इसके अलावा डॉ आर वैंकटेश्वरन को पशुपालन मत्स्य और गौपालन विभाग के प्रमुख शासन सचिव के पद पर लगाया गया है वहीं सुबीर कुमार को जयपुर मैट्रा रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के पद पर लगाया गया है उधर आईपीएस एनआरके रेडडी को पुलिस महानिदेशक जेल के पद की जिम्मेदारी सौंपी है

अभ्यारण्य में शाम कीपारी में भ्रमण के दौरान पर्यटकों को दो नये शावक नजर आये है शावको की सूचना मिलने के बाद वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंच गये

हालांकि कई जगहों पर घना कोहरा छाने से रेल और सड़क यातायात प्रभावित हो रहा है